भोपाल रेल मण्डल से की जा रही है शुरुआत

महिला आयोग कमलनाथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक महिला मंत्री के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ से स्पष्टीकरण मांगा है आयोग ने कहा है कि कई मीडिया रिर्पोटों में बताया गया है कि श्री कमलनाथ ने डबरा में एक राजनीतिक रैली में महिला मंत्री के प्रति टिप्पणी की थी आयोग ने यह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया है उधर इस मामले को लेकर राज्य में भाजपा नेताओं ने दो घण्टे का मौन रखा वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा द्वारा बिना वजह विवाद बनाना करार दिया

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है इसी कड़ी में कथक नृत्य गुरू पद्मश्री डॉक्टर पुरु दाधीच ने लोगों से मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की

आज नई दिल्ली में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि अगले वर्ष होने वाली हजयात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकोल और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी

लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला उचित समय पर और सऊदी अरब तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा उन्होंने कहा कि भारत सरकार और हज कमेटी ने इस संबंध में आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं

पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाया है इसकी शुरुआत भोपाल मंडल से की जा रही है

कई जगह बादल छाये रहे और बूंदा बांदी भी हुई जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही चमकीली धूप खिली हुई थी लेकिन शाम होते होते बादल घिर आये और हल्की बारिश हुई

जिन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किए गए है